मंत्रालय ने बताया है अब तक इस बीमारी से एक करोड़ दस लाख से अधिक रोगी स्वरस्थब हो चुके हैं

प्रदेश कोरोना निर्देश प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल और इंदौर में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है

वहीं बस संचालकों को भी निर्देश दिये गये हैं कि यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए

प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब परिवारों के लिये यह आवास कोरोना काल के दौरान निर्मित हुए हैं

मिशन ग्रामोदय के इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वर्चुअली शामिल होंगे

तबादला नीति में यह प्रावधान किया गया है कि एक साल के भीतर हुए तबादलों में कोई बदलाव नहीं होगा